बीजापुर जिले में माओवादियों ने ठेकेदार की हत्या कर सड़क निर्माण में लगे चार वाहनों में लगाई आग कोंडागांव जिले में एक महिला सहित दस माओवादियों ने किया आत्मसपर्मण आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने सभी नब्बे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का किया फैसला प्रदेश में इक्कीस मार्च को सिकलसेल की जांच का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी करीब पांच लाख लोगों का किया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण लोक सुराज अभियान लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज महासमुंद जिले में ट्रीझर गांव बलौदाबाजार जिले के कोसमकुंडा और सरगुजा जिले के ससौली गांव में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं बागबाहरा विकासखंड के टुरीझर गांव में जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर नजर आया किसान मजदूर और बच्चे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर एक खेत में उतरा इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याए सुनीं ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांव में तालाब गहरीकरण और सामुदायिक भवन सहित अनेक विकास कार्यो को मंजूरी दी उन्होंने पटवारी को ग्रामीणों के लिए आमदनी प्रमाणपत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने गांव में शिविर लगाने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन के बारे में शिकायतें मिलने पर उसे तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए वहीं मुख्यमंत्री बलौदाबाजार जिले में बिलाईगढ विकासखंड के कोसमकुंडा गांव में आयोजित समाधान शिविर में अचानक पहुंचे और लगभग दो करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी इसके अलावा मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले के ससौली गांव भी पहुंचे और वहां चल रहे विकास कार्यो तथा ओडीएफ की जानकारी ली गांव में लो वोल्टेज की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने जून से विकासखंड लुंड्रा में एक पावर सब स्टेशन खोले जाने की घोषणा की वहीं ग्रामीणों की मांग पर लृण्ड्रा में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कॉलेज का प्रस्ताव अगले बजट में शॉमिल किया जाएगा मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर नारायणपुर में मानसून के पहले सभी निर्माणाधीन सड़कों का काम प्रा करने के निर्देश दिए हैं कल जगदलप्र में दोनों जिलों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी जानकारी ली बैठक में बताया गया कि सौभाग्य योजना के तहत दोनों जिलों में पैंसठ हजार घरों में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं इनमें से पचपन हजार घर बस्तर जिले में और दस हजार घर नारायणपुर जिले के शामिल हैं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जगदलपुर में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के प्रचार प्रसार के लिए सौभाग्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया माओवादी आत्समर्पण वारदात बीजापुर जिले में आज माओवादियों ने एक ठेकेदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी और सड़क निर्माण में लगे चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया हमारे संवाददाता ने बताया कि तुमनार से कोइटपाल गांव के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना के तहत सड़क बनाने का काम चल रहा है आज सुबह करीब पच्चीस हथियारबंद वर्दीधारी माओवादी यहां पहुंचे और इस वारदात को अंजाम दिया माओवादियों ने कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों से मारपीट भी की इसके बाद ठेकेदार को अपने साथ अगवा कर जंगल की ओर ले गए

वहीं कोंडागांव जिले में आज दस माओवादियों ने आत्मसपर्मण कर दिया है इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है इस सभी माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैंसला लिया ये सभी माओवादी बयानार बड़ेडोगर धनोरा क्षेत्र में सक्रिय थे और इन पर पुलिस पार्टी पर हमला करने और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप हैं पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी केन्द्रीय संयुक्त सचिव केन्द्रीय संयुक्त सचिव निधि छिब्बर ने आज महासमुंद में नीति आयोग द्वारा चुनी हुई महत्वाकांक्षी योजना के लिए बनाए जा रहे जिला एक्शन प्लान की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों से नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य शिक्षा कृषि वित्तीय समावेश और कौशल विकास संबंधी सूचकांक की जानकारी ली उन्होंने इसके लिए स्व सहायता समूहों सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के साथ ही विकास योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा

बिलासपुर में एक पत्रकारवार्ता में शिवसेना के छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने यह ऐलान किया उन्होंने बताया कि इसके लिए शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं श्री परिहार ने कहा कि कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों की घोषणा समय से पहले कर दी जाएगी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के सवाल पर श्री परिहार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर में शिवसेना का किसी दल से गठबंधन नहीं है लेकिन आगे की रणनीति का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा सिकलसेल जांच प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इक्कीस मार्च को सिकलसेल की जांच का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है इसके तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी और एक ही समय में गर्भवती महिलाओं तथा तीन से अटठारह वर्ष तक के बच्चों सहित करीब पांच लाख लोगों में सिकलसेल की जांच की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की मंशा इस अभियान के माध्यम से विभाग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की है खेलो इंडिया भारत सरकार की ओर से खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ से सौ पीटीआई या खेल के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम मंगाए गए हैं दो अप्रैल से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में सभी ट्रेनरों को पन्द्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय और खेल विभाग को सूचना भेज दी गई है खेल विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है

पच्चीस मार्च तक चलने वाली इस स्पर्धा में तीस टीमों के छह सौ से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे खेल विभाग द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के मुकाबले इंडोर स्टेडियम के अलावा सप्रे शाला हॉल और छत्तीसगढ़ क्लब में भी खेले जाएंगे चेट्टीचंड पर्व सिंधी समुदाय द्वारा भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेट्रीचंड के उपलक्ष्य में आज रायपुर में एक शोभा यात्रा निकाली गई शोभा यात्रा में झांकियां भी प्रदर्शित की गई थी जो लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहीं यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई आज रात विवेकानंद सरोवर में संपन्न होगी चेट्रीचंड के मौके पर राजधानी रायपुर में आज भगवान झूलेलाल के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया कुशाभाऊ विवि कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय समाजकार्य दिवस के मौके पर कल रायपुर के कृशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा समाज कार्य की चुनौतियां औरं आयाम विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है कार्यशाला के माध्यम से समाज कार्य क्षेत्र के नये आयामों पर चर्चा होगी कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रुप में ग्रु घासीदास विश्वविद्यालय की प्रोफेसर प्रतिभा जे मिश्रा और पूर्व प्रोफेसर एसवीएसचौहान अपने विचार व्यक्त करेंगे

इस वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में पश्चिम बंगाल कर्नाटक महाराष्ट्र ओड़िसा और झारखण्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे सीबीएसई की ओर से होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पांच अप्रैल तक किए जा सकते हैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता दी जाती है यह परीक्षा आठ जुलाई को होगी